इनमें सीरम इंस्टीटयूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की को वैक्सीन शामिल है भारतीय औषध महानियंत्रक डॉ वीजी सोमानी ने आज एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ समिति की इन दोनों वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है ये टीके दो चरणों में लगाए जाएंगे

इसके साथ ही कैडिला हैल्थ केयर लिमिटेड की वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को भी अनुमति मिल गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी है और कहा है कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता का पता चलता है जो सेवा और करूणा की भावना से काम कर रहे है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने द्वीट संदेश में कहा कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है

उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित सूचनाए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी

इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है

इन शहरों में कोटा जयपुर जोघपुर बीकानेर उदयपुर अलवर भीलवाड़ा नागौर पाली टोंक सीकर और गंगानगर शामिल है

राज्य के चार जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद बूंदी में पशुपालन और वन विभाग के कर्मचारियों ने जिले के पोल्ट्री फार्म तालाबों और बांधों पर निगरानी बढ़ा दी है हालांकि वहां अभी तक पक्षियों की मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण प्रशासन सतर्क है

इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट कर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिये उन्हें याद करते हुए कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसरो के पूर्व चैयरमेन पद्मविमूषण सतीश धवन को भी उनकी पुण्यतिथि पर एक ट्वीट के जरिये श्रद्धांजलि दी है

अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आज सुबह बारिश के साथ आले भी गिरे सवाईमाघोपुर करौली ब्रंदी बांरा बांसवाड़ा जिलों में कल रात हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई कोटा में कल तेज बरसात हुई

मौसम विभाग ने आज जयपुर अलवर सवाईमाघोपुर टोंक और दौसा जिलों तथा इनसे लगते क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है